संसद के दोनों सदन में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किया जायेगा धन्यवाद प्रस्ताव भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि कल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा श्री मुखर्जी की मजबूत और संगठित भारत की सशक्त भावना सभी को देती है प्रेरणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में कल समीक्षा बैठक के दौरान विकास योजनाओं को समय से पूरा करने के अधिकारियों को दिये निर्देश सरकार ने कहा है कि भारत में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की स्थिति के बारे में किसी अन्य देश की सरकार को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है अमरीकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कूमार ने कहा कि भारत एक सशक्त लोकतंत्र है जहां संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को संख्षण प्रदान करता है उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान अत्यसंख्यकों सहित अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारटी देता है इस संबंध में भाजपा ने कहा था कि अमरीकी सरकार की यह रिपोर्ट पार्टी और नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रति द्र्भावनापूर्ण है पार्टी के मीडिया प्रमारी अनिल बलूनी ने कहा कि रिपोर्ट में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा को सनियोजित बताया जाना सरासर गलत है पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने भारत को अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित बताया भारत में आजादी के बाद सबसे अगर सुरक्षित माइनोरिटीज के लिए दुनिया में अगर कोई देश है अगर मिसाल हो तो भारत नम्बर वन है नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के रास्ते पर चल रहा है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने विगत बीस जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में बहस की श्रूआत करेंगे जबकि केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी लोकसभा में चर्चा आरंभ करेंगे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विवेयक दो हजार उन्नीस आज लोकसभा में पेश किया जाना है आधार और अन्य कानून संशोधन कियेयक दो हजार उन्नीस भी पेश किए जाने की संभावना है संसद का सत्र छब्बीस जुलाई तक जारी रहेगा केन्द्र सरकार कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दृषप्रभावों का पता लगाने के लिए कई तरह के अध्ययन करा रही है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्द है श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं कीटों तथा रोगों के कारण फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दो बड़ी फसल बीमा योजनाएं लागू की हैं सरकार ने देश के किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर सात सौ तेरह कृषि विज्ञान केंद्र और छः सौ चौरासी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों का गठन किया है इसका उद्देश्य दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्रा करना है इसके लिए गठित अंतरमंत्रालय समिति ने क्रापि कार्यो में बदलाव और आध्निकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की है इनमें आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी शामिल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसानों की मदद के लिए एक सौ से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं

नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है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 प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं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 लोग एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री के पास सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कल उन्हे श्रद्वांजलि अर्पित की नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉ मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहृति दी उन्होंने कहा कि मजबूत और संगठित भारत के लिए डॉ मुखर्जी की सशक्त भावना हम सभी को प्रेरणा देती है और यह एक सौ तीस करोड़ भारतवासियों को शक्ति भी प्रदान करती है भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर श्रद्वा सुमन अर्पित किए जेपी नड्डा ने राजधानी दिल्ली में शहीदी पार्क जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रवादी विचास्थारा के साथ साथ भारत को मजबूत करने के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन लगाया ऐसे महापुरूष हमारे कल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया प्रखर राष्ट्रवाद से ओत पोत से होकर देश की सेवा करना ये उनका उद्देश्य था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा प्रदेश में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आर्योजन किया गया राज्यपाल रामनाईक ने लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के प्रांगण में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन प्रेरणामयी था उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक मजबूत और अखण्ड भारत के लिये श्री मुखर्जी का जुनून आज हम संब को राष्ट्र निर्माण के लिये प्रेरित करता है प्रदेश में विभिन्न जगहों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पृण्यतिथि पर उन्हे याद किया गया और श्रद्वा सुमन अर्पित किए गये

आजमगढ़ के मंडलायुक्त सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करते हुये जनता से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोताही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में भी विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की थी बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों और जनता से सीबे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिये अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में पांच वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाकर जिले में पल्स पोलियो अभियान का विधिवत शुभारंभ किया

बैठक में उन्होंने जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिये बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और लेखपालों को लैपटॉप वितरित किये उन्होंने कहा कि लोगों तक डिजिटल सेवाये पहुंचाने के उद्देश्य से लेखपालों को लैपटॉप वितरित किये जा रहे हैं श्रीमती ईरानी ने कहा कि हमारी सरकार जनता की सेवा के लिये चौबीस घंटे समर्पित है

वे कानपुर में ग्राम पंचायत तुर्षैरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन करने के लिये ग्राम पंचायतों में तालाबों की खोदाई व पौध रोपण के कार्यक्रम को जन आन्दोलन की तरह चलाया जाना चाहिए उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे पर्यावरण को बचने की दृष्टि से जल संचयन के साथ खेतों में वक्षारोपण भी अवश्य करें और इसके साथ साथ उन्हें बचाये रखने के उपाय भी करें श्री मौर्य ने कहा कि जल है तो कल है इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ग्राम प्रधानों को सम्बोधित पत्र पढ़कर समस्त ग्रामीणों को जल संचयन के प्रति जागरूक भी किया